प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित पटना के एक मरीज की मौत

आज तिरपन नये मामलों की पुष्टि

कल बीस विशेष ट्रेनों से तेईस हजार से अधिक लोगों की होगी वापसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर बात करेंगे देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की पांचवीं बैठक होगी प्रधानमंत्री देश भर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोविड उन्नीस से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक वृद्ध की आज पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ के बेलछी के रहने वाले संक्रमित व्यक्ति को आठ मई को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया था उन्होंने बताया कि मरीज की दिल्ली यात्रा की हिस्ट्री पायी गयी थी इधर राज्य में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छह सौ तिरसठ हो गई है आज प्रदेश में तिरपन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसमें पटना में नौ किशनगंज में आठ सहरसा और मधेपुरा में सात सात दरभंगा और पूर्वी चंपारण में चार चार अरवल और मुजफ्फरपुर में तीन तीन गया और नवादा में दो दो और बेगूसराय भोजपुर औरंगाबाद तथा अररिया में एक एक मामलों की पुष्टि हुई है इधर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित तीन सौ चौवन मरीजों को अस्पतालों से छट्टी दी जा चुकी है यह संख्या कुल संक्रमितों का चौवन प्रतिशत है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंतीस जिले कोरोना से प्रभावित हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या दो सौ तिरानवे है इधर प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से राज्य में आने वाले एक सौ छियालीस प्रवासी मजद्रों में कोरोना वायरस की प्रष्टि हुई है इनमें से तीस महाराष्ट्र बाईस गुजरात और आठ दिल्ली से हैं खगडिया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और बेगुसराय जिलों के क्वारंटीन केंद्र से जांच के बाद इन प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई श्री कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है राज्य के बीस जिलों में दस करोड़ चालीस लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है करीब चार हजार संदिग्ध मामलों का पता चला है अपर पुलिस महानिदेशक जी एस गंगवार ने प्रवासियों से पैदल नहीं चलने की अपील की है उन्होंने कहा कि सभी पुलिस थानों को अपने क्षेत्रों में प्रवासियों को हरसंभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया है प्रवासी इनसे संपर्क कर सकते हैं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बासठ हजार नौ सौ उनतालीस पर पहुंच गयी है इनमें से उन्नीस हजार तीन सौ अंठावन रोगी उपचार के बाद ठीक हो गये हैं रोगियों के ठीक होने की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग तीस प्रतिशत हो गई है साउंड बाइट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अरूणाचल प्रदेश गोवा मणिप्र और मिजोरम में ठीक होने की दर सौ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है

भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत कार्य शुरू हो गया है जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि इसमें लगभग तेईस हजार मजदूरों को काम दिया गया है रोहतास जिले से अभी तक एक हजार आठ सौ सत्रह नमूनों को एकत्र कर जांच के लिये भेजा गया है जिला स्वास्थ्य समिति ने बताया है कि इसमें उनसठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है और एक मरीज की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये औरंगाबाद के य्वा वैज्ञानिक विनीत कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वचालित सैनिटाईजिंग टनल का आविष्कार किया है इस टनल से गुजरने पर कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह सैनिटाइज हो जाता है अरवल के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने बताया है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी जा रही है जिले में अभी तक कोरोना के ग्यारह संक्रमित मरीज मिले हैं बक्सर केन्द्रीय कारा में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये कारा और सुधार विभाग के आदेश पर एक सौ कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तब एक हजार नौ सौ पचासी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं एक हजार नौ सौ छप्पन प्राथमिकी दर्ज की गयी है प्रलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौंसठ हजार पांच सौ सत्तावन वाहनों को जब्त किया गया है वहीं लगभग चौदह करोड़ इकसठ लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है देश के अलग अलग भागों में फंसे लोगों का विशेष श्रमिक ट्रेनों से बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि आज चौदह विशेष ट्रेनों से सत्रह हजार से अधिक प्रवासी मजदूर और छात्र प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंच रहे हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि कल बीस विशेष ट्रेनों से तेईस हजार से अधिक लोगों की प्रदेश में वापसी होगी उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक इक्यासी ट्रेनों से संतानवे हजार श्रमिक और छात्र आ चुके हैं जबकि छियासी और ट्रेनों के माध्यम से शेष प्रवासियों को लाया जायेगा श्री अग्रवाल ने बताया कि पहले मुंबई से हर रोज दो विशेष ट्रेनों से प्रवासियों को लाया जा रहा था अब मुंबई से हर रोज तीन ट्रेन चलायी जायेंगी भारतीय रेल ने अब तक देशभर में तीन सौ से अधिक विशेष श्रमिक रेलगाडियों का संचालन किया और रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों श्रद्वालुओं पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए गृहमंत्रालय के आदेश के बाद विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया इन रेलगाड़ियों से आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया साउंड बाईट श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने लोगों को प्रयागराज छपरा बलिया गया पूर्णियां वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहरों तक पहुंचाने का कार्य किया है

ट्रेन में चढ़ने और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है रेलवे ने ऐसे समी व्यक्तियों से जॉ देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक हैं से अपने अपने राज्य सरकारों के माध्यम से पंजीकरण कराने का आग्रह किया है आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिये चार सौ तिरासी जिलों में सात हजार से अधिक सुविधा केन्द्रों का चयन किया गया है इनमें अस्पताल भी शामिल हैं मंत्रालय ने कहा कि इनमें छह लाख छप्पन हजार सात सौ उनहत्तर आइसोलेशन बिस्तर तैयार किये गये हैं मंत्रालय ने राज्यों से इन सुविधा केन्द्रों को अधिसूचित करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिये वेब साइट पर डालने को कहा है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये बात की श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि तकरीबन साढे तीन लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग तीन सौ पचास से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाडी चला रहा है उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाडियों का संचालन करने के लिए रेल विभाग के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधा मुक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए सौ वर्षों से अधिक अवधि तक के सेवाकाल के बाद प्राना किऊल ब्रिज आज से बंद हो गया है वहीं नया किऊल ब्रिज रेल परिचालन के लिये पूरी तरह तैयार है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनों की आवाजाही नये पुल से ही होगी वर्तमान में किऊल लखीसराय मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियों और विशेष श्रमिक ट्रेनों का परिचालन इस पुल से किया जा रहा है लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है मूजफ्फरपूर और समस्तीपूर जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

श्री मोदी ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाले सात हजार करोड़ के केन्द्रांश को जारी करने की मांग की है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्ण बंदी के बाद निर्माण उद्योगों को फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आंशका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो प्राधिकरण ने परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हो और इनमें कोविड उन्नीस लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किये जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा हो राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए

जो उनके अटेडेस हैं उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ ए वी डे ने कहा कि कोविड महामारी से वरिष्ठ नागरिकों पर सबसे बुरा असर पडा है इसलिए उन्हें अपने घर पर सभी आवश्यक एहतियात बरतनी चाहिए इनमें मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना आवश्यक है

इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इसतेमाल करे जिन लोगों को बीमारी हैं जो लगता है आपको उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दबाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिनमर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहे चलते फिरते रहें बिल्कुल डेड बाउंड न हो जाएं घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि गुजरात में कोविड उन्नीस रोगियों की मृत्यु बढ़ने के मुख्य कारणों में कलंक के भय से रोगियों का देरी से अस्पताल पहुंचना और संक्रमित लोगों में अन्य बीमारियों का होना शामिल है कोविड उन्नीस सुविधाओं और उपचार की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में एक दिन के दौरे के बाद डाक्टर गूलेरिया ने संवाददाताओं से यह बात कही साउंड बाईट सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्टिपटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं उससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और देर से आते हैं तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है कई दफा तो पेशेंट को माइल्ड प्रोब्लम है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है एक टर्मोनोलोजी वेस्ट में यूज की है जिसका नाम है हैप्पी हैपोक्सिया उनको पता नहीं है कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है उनको कोई सिंटम नहीं है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है

लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं ऑक्सीजन बहत क्रिटिकल लो हो रही है इससे हार्ट पर असर पड़ रहा है और ऑर्गनस पर असर पड़ रहा है और इससे डेथ के चांसिस बढ़ जाते हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केन्द्र कोविड उन्नीस के संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए राज्यों को प्रति रोगी तीन लाख रूपये दे रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित पटना के एक मरीज की मौत

आज तिरपन नये मामलों की पुष्टि

कल बीस विशेष ट्रेनों से तेईस हजार से अधिक लोगों की होगी वापसी